यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा से समय की कसौटी पर खरे उतरे इन मित्र देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत बनाने और सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी श्री मादी ने कहा कि वे फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्राँ और प्रधानमत्री फिलिप से बातचीत के लिए उत्सुक हैं उन्होंने कहा कि वे फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे और एक स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त अरब अमारात में व युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत करेंगे

बहरीन की यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री वहा की यात्रा पर जा रहा है उन्होंने कहा कि वे वहां युवराज खलीफा बिन सलमान अल खलीफा और वहां के नरेश शेख हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थॉवर चन्द गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये लगातार प्रयासरत है उनके लिये अनेक कल्याणकारो योजनाएं चलाई जा रही है उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कौशल विकास विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिये निःशुल्क कोचिंग के साथ उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है केन्द्रीय मंत्री ने आज कानपुर स्थित एलिम्को में पोस्थेटिक और ऑर्थोटिक केन्द्र के विस्तार और नवनिर्मित आवासीय परिसर भवन के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगजनों के स्वावलम्बन और सशक्तिकरण को दर्शाते एक प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजन और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किये

फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर दिया जाता है इससे फास्टैग युक्त वाहन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर बनी विशेष लेन से बिना रूके गुजर सकेंगे

उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए मंत्रालय ने आवश्यक कदम उठाए हैं बाइट दिसंबर से हमने कार्रवाई करने का निर्णय किया है

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अपील की है कि वह गांवो को गोद लें

राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित कर रहीं थीं उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र आत्मविश्वास और कार्यकुशलता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों से कहा कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिये तकनीक का प्रयोग करें तकनीक सफलता की राह को आसान बनायेगी मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं को तकनीक के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने की चर्चा भी की दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुये पद्मविभूषण नारायण मूर्ति ने युवाओं से नया भारत बनाने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की अपील की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने आज लखनऊ में दूरदर्शन मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाईयों की समीक्षा बैठक की बैठक में दूरदर्शन केन्द्र आकाशवाणी पत्र सूचना कायालय रीजनल आउटरीच ब्यूरो और सीसीड्ब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में श्री खरे ने मीडिया इकाईयों को जिला स्तर की विभिन्न समस्याओं और उपलब्धियों को उजागर करने के लिये राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाने पर जोर दिया जिससे दूरदर्शन और आकाशवाणी लोक प्रसारक होने के नाते बेहतर काम कर सके बाइट मंत्रालय की यह पक्की सोच है कि दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती पब्लिक ब्रांड कास्टर के रूप में स्टर्नस के रूप में रहते हुए अच्छे से अच्छा कार्य करे और इसलिए यह विचार किया जा रहा है कि किसी भी ब्राडकास्ट चाहे वह पब्लिक ब्राडकास्ट हो प्राइवेट बाडकास्ट हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कंटेंट क्या है और कंटेंट के लिये एक क्रियेटिव लेवल की टीम बनाई जाये यह प्रसार भारती बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह भी इस पर काम कर रहे हैं कि हर चैनल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सीवर की सफाई के दौरान पांच सफाई कर्मियों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और आर्थिक सहायता देने की घोषणा की मूख्यमंत्री ने जल निगम के प्रबंध निदेशक को सभी मृतकों के परिजनों को दस दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता अविलम्ब प्रदान करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रबंध निदेशक को घटना के कारणों की जांच कर दो दिन म विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं गाजियाबाद के नगराम क्षेत्र में आज एक सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से इन श्रमिकों की मौत हो गई थी प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और बाधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है जिससे तटवर्तीय इलाकों में कटान जारी है बलिया जिले में गंगा और घाघरा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है जिलाधिकारी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया

कन्नौज जिले में गंगा और काली नदी उफान पर है नदियों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी जारी है नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित कासिमपुर और बख्शीप्रवां गांवों को खाली कराकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को कहा है सीतापर में हो रही लगातार बारिश से शारदा और घाघरा नदियों के जलस्तर बढ़ने से तटवती गांवों में कटान जारी है हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यातायात एवं परिवहन को और अधिक सुगम बनाने के लिये प्रदेश में किये जा रहे कार्यों को तेज करने के लिये धनराशि अवमुक्त की श्री मौर्य ने कौशाम्बी जनपद में सिराथू रेलवे यार्ड में दो लेन रेल उपरगामी सेतु के निर्माण के लिये छब्बीस करोड़ पचास लाख रूपये से अधिक लागत की धनराशि जारी की वहीं आजमगढ़ जनपद में बस्ती सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य के लिये छियासी लाख से अधिक की धनराशि जारी करते हुए अधिकारियों को इस सम्पर्क मार्ग का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने गोण्डा जनपद में दो मार्गो पर चल रहे निर्माण कार्य को और अधिक गति प्रदान करने के लिये एक सौ चालीस लाख रूपये से अधिक की धनराशि जारी की वाराणसी से फलों और सब्जियों का निर्यात यूरोपीय खाड़ी और एशिया के कई देशों में किया जायेगा जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्करण खादय उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पवन कुमार को अध्यक्षता में वाराणसी को फलों और सब्जियों के निर्यात का हब बनाने पर जिले में विस्तार से चर्चा की गई वाराणसी गाजीपुर जौनपुर मिर्जापुर चन्दौली और संतकबीर नगर में विदेशों में पसन्द की जाने वाली सब्जियों और फलों का उत्पादन बड़ी संख्या में होता है

मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि पिछले चार पांच वर्षो में वाराणसी में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई है जिससे निर्यात में इसका लाभ मिलेगा जम्मू कश्मीर की जलों में बंद तीस कैदियों को आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा के सेन्ट्रल जेल लाया गया जहां उनको हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है जम्मू कश्मीर से इन सभी बंदियों को हवाई जहाज से आगरा के खेरिया एयर पोर्ट लाया गया